केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान करीब अट्ठावन हजार नये मामलों का पता चला है और नौ सौ इकतालिस लोगों की मृत्यू हई देश में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब छह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ है देश में एक दिन में सत्तावन हजार पांच सौ चौरासी मरीज ठीक होने के साथ ही कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वालों की दर बहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक उन्नीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बयालिस लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या पचास हजार नौ सौ इक्कीस हो गई है मृत्यु दर भी कम होकर एक दशमलव नौ दो प्रतिशत रह गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक तीन करोड इकतालिस हजार चार सौ कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है कल एक ही दिन में सात लाख इकतीस हजार छह सौ सत्तावनबे नमूनों की जांच की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए केन्द्रों में बहत अधिक भीड न हो राजधानी लखनऊ में कल कोविड नाइन्टीन नियंत्रण से संबंधित बैठक में मख्यमंत्री ने यह बात कही हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकोल का कडाई से पालन कराने और आवश्यक हो तो और अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के भी निर्देश दिये गये कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं

श्री योगी ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए जिससे लोग ऑनलाइन मेडिकल परामर्श का लाभ उठा सकें

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिये स्रक्षित दूरी बनाये रखने और हाथों को साफ रखने के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने को कहा है उच्चतम न्यायालय ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण को देखते हए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने संबंधी याविका आज खारिज कर दी न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अघर में लटकाए नहीं रखा जा सकता इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को आयोजित कराई जायेगी न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मूरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के ग्यारह उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हए जीवन को आगे बढाया जाना चाहिए सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी को राज्य के विश्वविद्यालयों में जनसंचार के क्षेत्र में नेटवर्क और सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनाने को कहा है जिससे संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को लाग किया जा सके आज आईआईएमसी के छप्पनवें स्थापना दिवस पर वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये नई शिक्षा नीति पर श्री खरे ने कहा कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम आज के समय की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सीखने फिर से सीखने महत्वपूर्ण सोच विकसित करने और अनुसंघान को बढावा देने के साथ साथ छात्रों को रोजगारपरक बनाने पर केंद्रित है राज्यसभा सीट के लिये हये उपचनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय प्रकाश निषाद निर्विरोध चन लिये गये हैं उनके खिलाफ किसी दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नही किया जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया जय प्रकाश निषाद का कार्यकाल पांच मई दो हजार बाईस तक रहेगा यह सीट समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हयी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या माई जीओवी पर भी अपने विचार लिख सकते हैं इसके साथ ही लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा एस एमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं